प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधियों को विदेशों में सुरक्षित पनाह नहीं मिलगी

श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में आयोजित जागरण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार विजय माल्या मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जैसे भगोड़े अपराधियों को वापस लाने की कोशिश कर रही है

बाइट जो आर्थिक अपराध करने वाले हैं भगौड़े हैं उनको दुनिया में कहीं भी सुरक्षित पनाहगाह न मिले इसके लिए भारत ने कुछ सुझाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच रखे हैं मुझे विश्वास है कि हमारी ये मुहिम आज नहीं तो कल कभी न कभी रंग लायेगी उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुने हुए भाषणों के संग्रह लोकतंत्र के स्वर और उसके अंग्रेजी संस्करण दि रिपब्लिकन एथिक का लोकार्पण किया यह संग्रह श्री कोविंद द्वारा पिछले एक वर्ष के उनके कार्यकाल के दौरान दिये गये चुने भाषणों पर आधारित है इस अवसर पर उप राष्ट्रपति ने कहा कि श्री कोविंद ने अपने भाषणों में देश की विविधता में एकता की परम्परा पर विशेष जोर दिया है उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर महत्वपूर्ण अतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उजागर किया है इन दोनों भाषण संग्रहों में भारत की विविधता जन सेवा का धर्म कानून की भावना भारत में शिक्षा और राष्ट्र प्रहरियों को सम्मान जैसे विषय शामिल है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आगामी इक्कीस से तेईस जनवरी के बीच होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के सफल आयोजन के लिये सभी जरूरी तैयारियां समय पर पूरी करने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कल लखनऊ में श्री योगी ने वाराणसी के मंडलायूक्त से प्रवासी भारतीय दिवस के लिये की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी लो उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश और प्रदेश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें हिस्सा लेने के लिये बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय वाराणसी पहुंचेंगे इसके मद्देनजर शहर की सफाई सुरक्षा प्रकाश और ट्रैफिक व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए उन्होंने पुरे शहर में थीम पेंटिंग करवाने के साथ साथ नगर के चौराहों पर भारतीय संगीत और संस्कति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये ताकि आंगुतकों को नगर की संस्कृति की झलक मिल सके

उन्होंने कुंभ के मद्देनजर पूरी चौकसी बरतने क निर्देश दिये और कहा कि पूरे मेला क्षेत्र और महत्वपूर्ण मार्गो पर सीसी टीवी कैमरे लगाये जाने के साथ साथ प्रभावी सुरक्षा के मद्देनजर टेक्नोलॉजो का भरपूर इस्तेमाल किया जाये

उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में काशी पर केन्द्रित सारी सामग्री शामिल की जाये ताकि प्रवासी भारतीयों को काशी में हो रहे बदलाव से परिचित कराया जा सके

पहली बार ऐसा हुआ है जब विश्व की आधी से ज्यादा आबादी ऑनलाइन हो चुकी है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

यूवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा है कि देश में खेलकूद के लिए माहौल और लोगों की सोच बदल रही है नई दिल्ली में जागरण कॉनक्लेव को संबोधित करते हुए कर्नल राठौड़ ने कहा कि सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाये हैं अब क्रिकेट के ही नहीं बल्कि अन्य खेलों के सितारे भी उभर कर सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने नये उभरते खिलाडियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मौका देने को लिए ओलम्पिक टॉस्क फोर्स का गठन किया है और टागे ट ओलम्पिक पोडियम नाम की योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर ही खेल प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए खेलो इंडिया स्कूल खेल का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम में पूरी मदद दे रहा है ताकि खिलाडियों को व्यापक स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा सके प्रदेश सरकार ने बुलंदशहर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कृष्ण बहादुर सिंह का तबादला कर दिया है उन्हें पुलिस महानिदेशक कार्यालय में तैनात किया गया है उनके स्थान पर प्रभाकर चौधरी को नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है इसके अलावा एक क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी का भी स्थानांतरित कर दिया गया है राज्य सरकार ने यह कार्रवाई खफिया विभाग के अपर महानिदेशक एस वी शिरोडकर की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद की है विशेष जांच दल भी इस मामले की जांच कर रहा है बुलंदशहर हिंसा के सिलसिले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस हिंसा में पुलिस इंस्पक्टर सुबोध कुमार सिंह और गांव का एक युवक मारा गया था पुलिस महानिदेशक के जनसंपर्क अधिकारी राजेन्द्र गौतम ने आकाशवाणी को बताया है कि हिंसक घटना के मुख्य आरोपी योगेश राज को पुलिस सक्रियता से तलाश कर रही है आईआरसीटीसी ने सैलानियों को भगवान गौतमबुद्ध के जीवन से जड़े तीर्थस्थलों की सैर कराने के लिये बौद्ध सर्किट ट्रेन सेवा को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इस सीजन की पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री लोहानी ने कहा कि इस ट्रेन से भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े उत्तर भारत के प्रमुख स्थानों बौद्ध गया राजगीर नालन्दा वाराणसी सारनाथ लुम्बिनी कुशीनगर और श्रावस्ती की सैर के बाद सैलानियों को आगरा में ताजमहल देखने का अवसर भी मिलेगा उन्होंने बताया कि नई आधुनिक बौद्ध सर्किट ट्रेन में अतंर्राष्ट्रीय पर्यटकों को ध्यान में रखकर विश्वस्तरीय पंचतारा सुविधाएं मुहैया करायी गई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी पद की परीक्षा में नकल कराने वाले अतंर्राज्यीय गिरोह के सरगना सहित दस लोगों को कानपुर से गिरफ्तार किया है

यह गैंग उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर अपने अभ्यर्थियों का पेपर हल करवाते थे और अभ्यर्थियों से इसके एवज में मोटी रकम वसूल करते थे गिरफ़्तार अभ्यर्थियों से पूछताछ के दौरान यह बात प्रकाश में आई है कि इस अतंर्राज्यीय गैंग का प्रमुख रंजीत यादव है जो पटना से इस गिरोह का संचालन करता है गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्ज से कई परीक्षा एडमिट कार्ड मोबाइल आधार कार्ड ब्लैंक चेक सहित छप्पन हजार रूपये की रकम भी बरामद की गई है सेना सेवा कोर का दो सौ अट्ठावनवां स्थापना दिवस आज लखनऊ छावनी में मध्य कमान मुख्यालय में मनाया गया इस अवसर पर मध्य कमान के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा ने युद्ध और शांति के दौरान एएससी सैन्य कर्मियों की अहम भूमिका की सराहना की सेना सवा कोर को भारतीय सेना की सबसे बड़ी और पुरानी प्रशासनिक सेवा के रूप में जाना जाता है